लोग निजी वाहनों से नहीं ला सकेंगे अपने लोगों को

उन्नीस अधिकारियों को दी गयी जिम्मेवारी

चौरासी मरीज हो चुके हैं स्वस्थ आज उन्नीस नये मामलों की पुष्टि और जाने माने फिल्म अभिनेता ऋषि कपूर का मुंबई में निधन

आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने कहा कि लोगों की घर वापसी सड़क मार्ग से सिर्फ बस के जरिये ही होगी

इधर उप मूख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बताया कि राज्य सरकार प्रवासी कामगारों और छात्रों की वापसी के संबंध में एक दो दिनों में विस्तृत कार्ययोजना बनाएगी इन लोगों को वापस लाने के लिए संबंधित राज्य सरकारों से बात करके परिवहन की व्यवस्था की जायेगी उन्होंने कहा कि इसके लिये बसों का उपयोग किया जाएगा राज्य सरकार सीमा पर थर्मल स्क्रीनिंग करेगी और किसी भी तरह के लक्षण पाए जाने पर उनका उपचार किया जाएगा उन्होंने बताया कि वापस आए लोगों की ब्लॉक स्तर पर भी जांच की जाएगी सभी लोगों को चौदह दिन तक क्वारंटीन में रखा जाएगा उप मुख्यमंत्री ने बिहार के लोगों को वापस लाने के लिये केन्द्र सरकार से स्पेशल ट्रेन चलाने की भी मांग की है श्री मोदी ने ट्वीट कर कहा कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों को सड़क मार्ग से लाना संभव नहीं है बिहार सरकार ने दूसरे राज्यों में फंसे लोगों को वापस लाने की जिम्मेवारी आपदा प्रबंधन विभाग को सौंपी है सभी राज्यों के लिये अलग अलग नोडल अधिकारी नियुक्त किये गये हैं जिनका विवरण विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के उन्नीस अधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाया गया है इन्हें दूसरे राज्यों के साथ समन्वय स्थापित कर लोगों की घर वापसी सुनिश्चित करने को कहा गया है इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल इस मामले पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक करेंगे जल संसाधन मंत्री संजय झा ने कहा है कि प्रवासी कामगारों के बिहार लौटने पर उन्हें पंचायत की जगह प्रखंड स्तर पर क्वारंटीन किया जायेगा

इस बीच स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा है कि दूसरे राज्यों से बिहार आने वाले लोगों की स्वास्थ्य जांच के लिये विभागीय तैयारियां शुरू कर दी गयी हैं

इनमें कई जिलों में कई तरह छूट दी जाएंगी गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि इस बारे में ब्यौरा अगले कुछ दिनों में जारी कर दिया जाएगा गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि पूर्णबंदी के दिशा निर्देशों का तीन मई तक सख्ती से पालन किया जाना चाहिए प्रदेश में आज कोविड उन्नीस से संक्रमित बीस लोगों को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गयी इन सभी में से सत्रह का पटना के एनएमसीएच में इलाज चल रहा था राज्य में अब तक चौरासी मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं जबकि दो लोगों की मौत हुई है इधर आज कोरोना वायरस संक्रमण के उन्नीस नये मामले सामने आने के साथ ही पुष्ट मामलों की संख्या बढ़कर चार सौ बाईस हो गयी है आज जो मामले सामने आये हैं उनमें से ग्यारह रोहतास से पांच सीतामढ़ी से तथा पटना और सारण से दो दो हैं प्रदेश के उनतीस जिले संक्रमण की चपेट में हैं हालांकि इसमें अररिया जिले के जिस मरीज को पॉजिटिव पाया गया है वह अभी सारण में हैं इधर स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि अब तक बाईस हजार छह सौ से अधिक जांच अभी किये जा चुके हैं उन्होंने बताया कि बाहर से आये सैंतालीस लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है श्री कुमार ने बताया कि घर घर सर्वे अभियान के तहत अब तक पचहत्तर लाख बहत्तर हजार घरों का सर्वेक्षण किया जा चुका है सर्वे के दौरान तीन हजार एक सौ अस्सी लोग ऐसे मिले हैं जिनमें सर्दी खांसी और बुखार पाया गया इधर देश में अब तक कोविड उन्नीस से तैंतीस हजार छह सौ दस मामले सामने आये हैं इनमें से आठ हजार तीन सौ तिहत्तर लोगों को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है जबकि एक हजार पचहत्तर लोगों की मौत हो गई है स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में कोविड उन्नीस मरीजों के स्वस्थ होने की दर में उल्लेखनीय सुधार हुआ है मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि मामलों के दोगुनी होने की रफ्तार अब ग्यारह दिन हो गयी है

साउंड बाईट इस इन्फेक्शन में आज की डेट में कोई दवा काम नहीं करती तो लोगों ने इस दवाई को कुछ मरीजों को देके देखा है लेकिन हम यह कहे कि ये दवाई इस बीमारी का इलाज है तो इस समय ये बिलकल गलत होगा तो लोगो को अपने आप इस दवाई का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि इस दवा के कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं जो कमी कमी लाइफ थेटनिंग हो सकते हैं यानी कि उसमें जान भी जा सकती है

इसी को देखके माना जा रहा है कि कोरोना वायरस के उपर किट का इफेक्ट हो सकता है और यह संमव है कि जैसे जैसे टैम्प्रेचर बढेगा वैसे वैसे कोरोना वायरस का इफैक्ट कम होगा लेकिन कोरोना वायरस एक बिलकुल नया वायरस है इसके बारे में अमी हमें पूरी जानकारी नहीं है तो इस बारे में कोई भी अनुमान लगाना सही नहीं है स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने कहा है कि कल से शुरू हो रहे व्यापक स्वास्थ्य जांच का काम पांच मई तक प्ररा कर लिया जायेगा इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है उन्होंने बताया कि सर्वे दल चिन्हित किये गये संदिग्ध व्यक्तियों के नमूने भी एकत्र करेंगे समाज कल्याण विभाग ने दिव्यांगजनों की सुविधा के लिये हेल्पलाईन नम्बर आठ चार चार आठ तीन आठ पांच पांच नौ शुन्य जारी किया है राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉक्टर शिवाजी कुमार ने बताया कि हेल्पलाईन पर आ रहे फोन कॉल पर तत्काल दिव्यांगजनों को सलाह और सहायता उपलब्ध करायी जा रही है राज्य सरकार ने केन्द्र से पचहत्तर हजार मीट्रिक टन खाद्यान्न की मांग की है खाद्य और उपभोक्ता विभाग के मंत्री मदन सहनी ने कहा कि बिना राशन कार्ड वाले लगभग तीस लाख परिवारों की पहचान हुई है जिन्हें अनाज उपलब्ध कराने के लिये केन्द्र को पत्र लिखा गया है

आकाशवाणी के साथ कुछ लाभार्थियों ने अपने अनुभव साझा किये

मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम के तहत कक्षा छह से आठ और ग्यारहवीं तथा बारहवीं के छात्रों के लिये सुबह नौ से दस तथा दस से ग्यारह बजे तक विभिन्न विषयों की कक्षाओं का आयोजन किया जायेगा प्रदेश में लॉकडाउन उल्लंघन के मामले में अब तक एक हजार छह सौ छियानवे प्राथमिकियां दर्ज करायी गयी हैं वहीं एक हजार छह सौ तैंतालीस लोगों को गिरफ्तार किया गया है इक्यावन हजार एक सौ चौदह वाहन भी जब्त किये गये हैं साढ़े ग्यारह करोड़ रूपये से अधिक की राशि ज़र्माने के रूप में वसूली गयी है जाने माने फिल्म अभिनेता ऋषि कपूर का आज सुबह मुंबई में निधन हो गया वे सड़सठ वर्ष के थे ऋषि कपूर लगभग एक साल तक अमरीका में कैंसर का इलाज कराने के बाद पिछले साल सितंबर में भारत लौटे थे

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत अनेक गणमान्य लोगों ने उनके निधन पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है

लोग निजी वाहनों से नहीं ला सकेंगे अपने लोगों को

उन्नीस अधिकारियों को दी गयी जिम्मेवारी

चौरासी मरीज हो चुके हैं स्वस्थ आज उन्नीस नये मामलों की पुष्टि और जाने माने फिल्म अभिनेता ऋषि कपूर का मुंबई में निधन